सीएम दौरा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज आगरमालवा में कहा कि मध्यप्रदेश को देश में हार्टिकल्चर की राजधानी बनायेंगे उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब आगरमालवा जैसे क्षैत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे उन्होंने कहा कि राज्य में नई किसान क्रांति लाकर प्रदेश को एक अलग पहचान दिलायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समस्या उत्पादन की नही बल्कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने की है इसके लिये सरकार प्रयास कर रही है श्री नाथ ने कहा कि किसान और नौजवान सरकार की प्राथमिकता में है

इस मौके पर मंत्री जयवर्द्दन सिंह सचिन यादव हुकुमसिंह कराड़ा प्रियव्रत सिंह जीतू पटवारी पीसीशर्मा सुखदेव पांसे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे बालमित्र स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे के ईटारसी रेलवे स्टेशन का चयन बालमित्र स्टेशन के रूप में किया गया है

वहीं हाईस्कूल की परीक्षायें कल से शुरू होंगी

मण्डल द्वारा परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किये हैं

संबलगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक को डयूटी पर अनुपस्थित के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है वहीं बैतूल में संभागायुक्त रजनीश श्रीवास्तव ने परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया उधर देवास में कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है उमरिया टीकमगढ़ अशोकनगर गुना सहित विभिन्न जिलों से भी परीक्षा के शांतिपूर्ण ढंग से शरू होने के समाचार मिले हैं पीआईबी कार्यशाला पत्र सूचना कार्यालय और पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी आफ इंडिया द्वारा कल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है इसमें वरिष्ठ महिला पत्रकार रूबी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में चुनौतियां के विषय पर व्याख्यान देंगी वहीं भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी पूजा पी वर्द्वन मीडिया क्षेत्र में महिलाएं विषय पर अपने विचार रखेंगी

मिशन इंद्रधन्ष सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंन्द्रधनुष का चौथा चरण प्रदेश के कई जिलों में आज से शुरू हो गया है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष तक चिन्हित बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा

आगरमालवा जिले में भी यह अभियान आज से शुरू हो गया है

इस अवसर पर हम आज से प्रादेशिक समाचारों में ऐसी महिलाओं की खबरें प्रसारित करेंगे जो प्रदेश में दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं आज सुनिए कटनी के एक छोटे से गांव की ऐसी शिक्षिका की दास्तां जिन्होंने स्कूल के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान कर दी

उमरिया मंडला सहित कई जिलों में आज बारिश हुई मौसम केन्द्र ने बताया कि हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बनने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम उतार चढ़ाव आ रहा है राज्य के कई भागों में बारिश होने और ओले गिरने से तापमान में मामूली गिरावट आई है

मौसम विभाग ने आज शहडोल और रीवा संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा कर किसानों को उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया समाचार संक्षेप में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के संयुक्त सचिव सचिन सिन्हा कल रायसेन जिले के दिवानगंज में केन्द्र सरकार की योजनाओं के जमीनी हकीकत देखेंगे वाणिज्यकर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने आज टीकमगढ़ जिले के कुम्हेड़ी गांव में गौशाला का लोकार्पण किया वायुसेना भर्ती में चयनित अनूपपुर जिले के युवाओं से आज कलेक्टर ने भेंट की धार में अचानक सर्विस रिवाल्वर चलने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का गनमेन घायल हो गया अशोकनगर जिले के दो नगरीय निकाय साडौरा और मुगावली में वार्ड आरक्षण आज संपन्न हुआ निवाड़ी कलेक्टर ने आज टीएल बैठक के दौरान विभागों के कार्यों की समीक्षा की एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नागालैंड के छात्रों के दल ने आज सागर में सांस्कृतिक यात्रा निकाली जिसका जगह जगह स्वागत किया उमरिया के नोरोजाबाद में ब्लैकमेलिंग से परेशान छात्रा के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है गुना के बाल संप्रेक्षण गृह में आज विधिक साक्षरता आयोजित किया गया परीक्षाओं के मद्दें नजर छतरपुर में मैरिज गार्डन में बिना अनुमति डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है